भारत में कोविड जांच की क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि जांच पहचान और उपचार रणनीति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

प्रति सप्ताह रोजाना जांच करने की औसत दर जुलाई के पहले हफ्ते में लगभग दो लाख तीस हजार थी जो मौजूदा सप्ताह में बढ़कर सात लाख से अधिक हो गई है

सरकार ने कहा है कि यह उपलब्धि देश में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ने के कारण हुई है

भारत में अन्य देशों की तुलना में इस महामारी से मरने वालों की संख्या सबसे कम बनी हुई है देश में इस समय यह दर एक दशमलव नौ तीन प्रतिशत है

प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या आठ हजार दो सौ तैंतीस है

राज्य में कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट बढ़कर तिरसठ दशमलव पांच शून्य प्रतिशत पहुंच गया है सिमंडेगा जिले में अबतक क्ल पांच सौ चौहत्तर कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं हालांकि कोराना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिले में अबतक आठ सौ छह संक्रमण के मामले सामने आये हैं

जिले के कई कार्यालयों में पदाधिकारियों और कर्मियों का कोरोना टेस्ट किया गया इनमें चार पदाधिकारी और एक अनुसेवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं ये अधिकारी कई कार्यालयों में गए थे

इसके लिए कई मामले सूचीबद्ध किए गए हैं हाईकोर्ट के कई अधिकारी और सुरक्षा कर्मी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण तेरह और चौदह अगस्त को अदालती कार्य निलंबित कर दिये गये थे

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मौजूदा प्रतिबंधों के अंतर्गत मॉनसून सत्र के लिए दोनों सदनों के चेम्बरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है श्री नायडू ने निर्देश दिया है कि परीक्षण पूर्वाभ्यास और अंतिम निरीक्षण सहित सभी प्रबंध इस महीने के तीसरे सप्ताह तक पूरे कर लिए जाने चाहिए

इन राज्यों में बिहार मध्य प्रदेश ओडिशा राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसरों की प्रगति की निगरानी करते हैं

प्रत्येक कार्य प्रवासी मजदूरों पर केंद्रित है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य की छह बिजली ट्रांसमिशन योजनाओं का ऑनलाईन उदघाटन करेंगे इससे गढ़वा जसीडीह गिरिडीह दुमका सरिया और जमुआ में बिजली की किल्लत दूर हो जाएगी झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के प्रबंध निदेशक केके वर्मा ने बताया कि नई ट्रांसमिशन लाइन में मदनपुर ग्रिड से जसीडीह और गोड्डा ग्रिड जसीडीह ग्रिड से गिरिडीह गिरिडीह ग्रिड से सरिया और जमुआ ग्रिड और डाल्टेनगंज ग्रिड से गढ़वा भागोडीह ग्रिड शामिल हैं

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनसीसी विस्तार योजना के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इस योजना के प्रस्ताव की घोषणा की थी

एक तिहाई कैडेट लड़कियां होंगी संक्षिप्त खबरें ग्मला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के गोजा गांव में कल शाम वज्रपात से एक युवती की मौत हो गई खूंटी जिले में कांची नदी में डूबे व्यक्ति का एक का शव निकाल लिया गया है दूसरे शव की तलाश जारी है कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रांची जिले में कल से बीस जगहों पर कोरोना जांच कैम्प लगाया जाएगा

वहीं स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई घोषणा को भी पहले पन्ने पर जगह दी है कैप्टन कूल ने अंतराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा इस शीर्षक के साथ दैनिक अखबार प्रभात खबर ने महेंद्र सिंह धौनी के अंतराष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनायी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी नौकरियों में एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के लिए कमिटी गठित करने की घोषणा करने की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित से किया है

रांची एक्सप्रेस ने स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा घोषणाओं को अपनी पहली सुर्खी बनाई है अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने यूपी के कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है